व्यापार जगत और वेतनभोगी वर्ग दोनों को इस बजट को लेकर उत्सुकता है देश के आर्थिक हालात के मद्देनजर इस बार बजट में आम लोगों के लिये कई राहत भरी घोषणाएं होने की संभावना है आम लोगों को आयकर छूट की सीमा बढ़ने और आवासीय ऋण पर लगने वाले ब्याज पर कर से राहत की सीमा बढ़ने की उम्मीद है वित्तमंत्री इस बजट में आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने और युवाओं के लिए अधिक अवसर सुजित करने के उपायों की घोषणा कर सकती हैं वहीं कल संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया इस सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर छह से साढ़े छह प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है

कर्मचारी वर्ग जहां करों में राहत की उम्मीद कर रहा है वहीं प्रदेश को कुछ अन्य योजनाओं की सौगात भी मिलने की संभावना है

उन्होंने कहा कि एनडीए ने जनहित और सुशासन से जुड़े उल्लेखनीय विकास कार्यक्रम किए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली आई है एनडीए नेताओं के साथ कल बैठक के बाद उन्होंने एक ट्रवीट में ये बात कही समाचार एजेंन्सियों के मुताबिक श्री मोदी ने बैठक में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में रक्षात्मक होने की कोई जरूरत नहीं है बजट सत्र के शुरू होने पर प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक में चर्चा की परीक्षा स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षा में अच्छा नतीजा लाने के लिए शिक्षकों को भी जिम्मेदार बनाया जायेगा उन्होंने कल भोपाल में एक बैठक में कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के हितों का पूरा ध्यान रखा है और उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध कराये हैं श्री चौधरी ने कहा कि अब शिक्षकों को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना होगा

खरगोन जिले की पवित्र नगरी मंडलेश्वर में दो दिवसीय नदी महोत्सव आज शुरू होगा संस्कृति मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ शुभारंभ समारोह की मुख्य अतिथि होंगी दो दिनों तक सांस्कृतिक संध्या में भक्ति संगीत के कार्यक्रम होंगे इसके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल अमरकंटक में तीन दिवसीय नर्मदा महोत्सव का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोच और व्यवस्था में बदलाव कर राज्य को नई पहचान दी जायेगी उन्होंने कहा कि अमरकंटक में पहली बार हो रहे नर्मदा महोत्सव को आगे भी जारी रखा जायेगा श्री नाथ ने अमरकंटक को आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कहीं है मंडला में आज नर्मदा जयंती पर विभिन्न घाटों पर चुनरी चढ़ाने और भण्डारे के कार्यक्रम होंगे ओंकारेश्वर में नर्मदा का दुग्धाभिषेक होगा

डिण्डोरी में कल नर्मदा शोभायात्रा निकाली गई आज भागवत कथा सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे होशंगाबाद में भी दो दिवसीय नर्मदा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है ओलंपिक खेल राज्य स्तरीय गुरूनानक देवजी प्रांतीय ओलम्पिक आज से राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में शुरू होंगे इस मौके पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा

प्रांतीय ओलम्पिक में वालीबाल फूटबाल बॉस्केटबाल हॉकी कबड्डी खो खो एथलेटिक्स कृश्ती बैडमिन्टन और टेबिल टेनिस खेलों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे मौसम उत्तरी भारत में बर्फबारी के बाद प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है

राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेज धूप निकालने के बावजूद ठंड का असर रहा

जिसे पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित किया